इसके अलावा पिछले सत्र की भांति बजट सत्र में भी दर्शकों के आने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी

अधिकांश प्रश्न बढ़ती महंगाई बेरोजगारी सडकों की स्थिति शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर्यटन परिवहन प्रणाली और सौर ऊर्जा को लेकर पूछे गये है उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में बजट सत्र आयोजित करना एक चुनौती है ऐसे में बिना थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं खेलो इंडिया द्रसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे पांच दिन तक चलने वाले खेलो इंडिया गेम्स में देश भर से एथलीट भाग लेंगे

आग क़ल्लू जिला के गाहर गांव में कल शाम आग लगने से एक मकान जलकर राख हो गया पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में करीब एक करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है घटना में किसी भी प्रकार के जानी नुक्सान की कोई सूचना नहीं है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला का शीर्षक है विधानसभा का बजट सत्र आज से हंगामे के आसार दैनिक जागरण के शब्द हैं बेरोजगारी महंगाई व खराब सड़कों पर घेरेगा विपक्ष

हिमाचल दस्तक का कहना है गवर्नर आज गिनाएंगे सरकार के काम ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल आपका फैसला की खबर है वहीं दैनिक भास्कर का शीर्षक है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की विजिलेंस जांच मामले में बिफरी कांग्रेस कहा कार्रवाई करके दिखाए प्रदेश सरकार अमर उजाला की एक खबर है जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है पूर्व मंत्रियों व विधायकों के खिलाफ चार्जशीट पर नहीं हुआ कोई फैसला कसौली में बनेगी कोरोना की दवा शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान में तैयार ऐंटी कोविड सीरम के तीन ट्रायल बैच पुणे भेजे दैनिक भास्कर की खबर है शांतिपूर्ण जुलूस निकालना व नारे लगाना भारत के संविधान के तहत अपराध नहीं हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे वकीलों के मामले में की टिप्पणी